श्री मोदी ने कहा कि कृषि प्रधान देश होने के बाद खाद्य तेल बाहर से आता हैए ऐसे में प्रयास हो कि यह यहीं उत्पादित हो उन्होंने कहा कि कोरोना के समय केंद्र और राज्यों ने मिलकर कार्य कियाए जिससे विश्व में भारत की अच्छी छवि बनी है इस वर्चुअल बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं बैठक में मध्य प्रदेश से ज्डे विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की जाएगी कांग्रेस बंद बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में आज कांग्रेस ने आधे दिन के प्रदेशव्यापी बंद का ऐलान किया है जिसका मिला ज्ला असर देखने को मिल रहा है भोपालए इंदौरए जबलपुरए ग्वालियर में कांग्रेसी कार्यकर्ता शहर भर में घूम घूम कर दुकानों को बंद करा रहे हैं

बाद में श्री शर्मा और कार्यकर्ताओं को जेल भेज दिया इंदौर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस के बंद को पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने समर्थन दिया है

वहीं राजवाड़ा पर कांग्रेसियों और द्कानदारों के बीच बंद कराने को लेकर विवाद भी हुआ ग्वालियर में बंद को सफल बनाने के लिए कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार स्कूटर पर सवार होकर निकले सतना जिले के अमरपाटन मैहर और उचेहरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोगों से बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से सहयोग मांगा मुरैना और सीहोर में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला